राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक डॉ मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाना सबका ध्येय होना चाहिए राज्य के उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा झारखंड में शराबबंदी कानून नहीं होगा लागू

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देष दिया कि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान ऐसी यातायात व्यवस्था का प्रबंध करें ताकि आम लोगों को परेषानी न हो राष्ट्रपति अठाईस फरवरी को रांची आ रहे हैं रांची में वे केन्द्रीय विष्वविद्यालय झारखंड के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और वे चेरी मनातू में विष्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उदघाटन करेंगे दूसरे दिन उनतीस फरवरी को राष्ट्रपति गुमला जिले के बिषुनपुर में विकास भारती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक डॉ मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को विश्वगुरु बनाना सबका ध्येय होना चाहिए श्री भागवत आज रांची में संघ समागम के हजारों स्वयंसेवकॉ को संबोधित कर रहे थे रांची के रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित संघ समागम में श्री भागवत ने कहा कि हमे मानवता के साथ जीना सीखना होगा और इसके लिए देश से प्यार करना जरूरी है वहीं संघ प्रमुख ने पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना जरूरी है कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि सरकार जैविक कृषि को बढ़ावा देगी और अगले चार साल में राज्य अंडा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनषीलता के साथ लक्ष्य की ओर काम कर रही है

उधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाकुर ने कहा है कि रांची में पीने की पानी की किल्लत नहीं होने दी जाएगी इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देष दिया गया है

उन्होंने इस मौके पर दोनों पुस्तकों के ई संस्करण भी जारी किए इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन पुस्तकों में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और संगठनों की गतिविधियों तथा उपलब्धियों का उल्लेख है

श्री नायड् ने आज नई दिल्ली में भारतीय छात्र संसद का उदघाटन करते हुए कहा कि राजनीति जनसेवा और आवश्यक सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है

श्रम नियोजन एवं प्रषिक्षण विभाग द्वारा गुमला जिले के परमबीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार मेले का आयोजन किया गया इस मेले में लगभग चौबीस कंपनियों ने स्टॉल लगाकर आवेदन देनेवाले य्वक य्वतियों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा इस मौके पर जिला नियोजन पदाधिकारी अध्विनी कुमार सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष का यह अंतिम रोजगार मेला है विभाग का प्रयास है कि मेले के माध्यम से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायें

गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में अगर जहरीली शराब से मौत का मामला आता है तो सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो विद्यालय गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले बच्चों का पच्चीस फीसदी नामांकन नहीं लेंगे उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी

अधिवक्ता न्यायाधीष पंकज कुमार द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी के साथ किये गये दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं पलामू जिला प्रषासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास तेज कर दिया है

इसका उद्देश्य देश के लोगों विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच सदियों पुराने संबंधों को उजागर करना तथा भारत के लोगों की एकता और अखंडता दर्शाना है इसी के तहत आज साहेबगंज महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें गोवा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और षिक्षकों के साथ संवाद किया गया

मुख्यमंत्री ने कार्मेला सोरेंग से कहा कि राज्य के शहीद जवान हमारे धरोहर हैं

प्रभारी नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में नाली की सफाई और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है

समाप्त